इससे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंध अधिनियम सहित अन्य दस्तावेजों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे इसके अलावा उद्योग मंत्री विक्रम सिंह खान व खनीज सहित सड़क परिवहन से सम्बंधित दस्तावेज सभा पटल पर रखेंगे

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कोई समान उत्तरदायित्व संहिता नहीं बनाई जा रही है लोकसभा में कल एक लिखित उत्तर में अनुराग ठाक्र ने कहा कि बैंकों के कामकाज को पांच दिनों तक सीमित करने का अभी कोई प्रस्तााव नहीं है उन्होंने कहा कि धोखाधड़ी पर कर्मचारियों के उत्तरदायित्व के बारे में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश परिपत्र नियम और अनुदेश पहले से मौजूद हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश विधानसभा से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है भारी विरोध के बीच नगर निगम संशोधन विधेयक पारित विपक्ष ने किया वॉकआउट पंजाब केसरी की सुर्खी है विरोध व वॉकआउट के बीच नगर निगम संशोधन विधेयक पारित दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सत्तापक्ष के बहुमत से विधेयक पारित विपक्ष ने खामियां गिनाते हुए किया वॉकआउट आपका फैसला ने लिखा है विरोध के बीच हिमाचल नगर निगम संशोधन विधेयक पास जयराम ने मोदी को दिया हिमाचल आने का न्योता शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है प्रधानमंत्री से हिमाचल दिवस पर रथयात्रा का उद्घाटन करने का आग्रह

पंजाब केसरी के शब्द हैं जयराम ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया रथ यात्रा का उद्घाटन करने का न्यौता महिला दिवस से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर ने लिखा है शिमला में रिज पर पहली बार ऑल वुमन परेड राज्यपाल ने वीरांगनाओं को किया सम्मानित नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से डेमोक्रेसी हिमाचल ने सुर्खी दी है बजट सरकार की दिवालिया का जीता जागता उदाहरण केसीसी बैंक में बर्खास्त अधिकारी नहीं होंगे बहाल पंजाब केसरी की खबर है